शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को हिमपात प्रभावित क्षेत्रों में सड़क व संचार जैसी आवश्यक सेवाओं की जल्द बहाली को कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी से अनेक स्थानों पर जलापूर्ति बाधित हुई है और बिजली आपूर्ति में भी बाधा आ रही है उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को ये सेवाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं जयराम ठाकुर ने बर्फबारी के दौरान लोगों से सचेत रहने और सरकार व प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है

इसके अलावा प्रदेश के कई ऊपरी क्षेत्रों में भी आज सुबह से बर्फबारी हो रही है

भारी हिमपात के कारण लाहौल स्पीति में इंटरनेट सेवाएं ठप्प हैं और हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने और एहतियात बरतने की सलाह दी है उधर किन्नौर ज़िले में भी भारी हिमपात से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पवारी से रिकांगपिओ की ओर बस सेवा ठप्प हो गई है और बिजली गुल रहने से जिले के अनेक गांव पिछले पांच दिन से अंधेरे में है जिले के अनेक स्थानों पर लोगों को पेयजल किलत का सामना करना पड़ रहा है चंबा ज़िले की पांगी घाटी में करीब साढ़े तीन फूट बर्फ जम चुकी है और अनेक मरीज घाटी में फंसे हुए हैं भारी हिमपात के बाद जम्मू पांगी मार्ग पर थमनाला में ग्लेशियर आने से यातायात अवरूद्व हो गया है जिससे पांगी घाटी का एक बार फिर दुनिया के अन्य भागों से सम्पर्क कट गया है

राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद से लगातार वर्षा हो रही है मौसम विभाग ने आज ऊपरी व मध्यम क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर भारी हिमपात और वर्षा की चेतावनी दी है जबकि मैदानी इलाकों के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है प्रदेश में अगले चार पांच दिन वर्षा व हिमपात का क्रम जारी रहने के आसार है

ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी लोहडी लोहड़ी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया खासतौर पर प्रदेश के निचले जिलों कांगड़ा हमीरपुर उना बिलासपुर और मंडी में लोगों में लोहड़ी पर्व को लेकर काफी उत्साह देखा गया इस दौरान लोगों ने पारम्परिक गीत गाकर लोहड़ी मांगी और शाम के समय अलाव जलाकर तिल की रेवड़ियां गच्चक और मूंगफली अग्निदेव को अर्पित की ये पर्व शरद ऋतु के समापन का प्रतीक भी है इस बीच कल मकर सक्रांति है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला व मंडी ज़िलों की सीमा पर स्थित ततापानी में पर्यटन महोत्सव का शुभारम्भ करेंगे

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी व मकर सक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं महेंद्र सिंह उधर मंडी ज़िले में धर्मपुर क्षेत्र के सजजाओ पिपलू में दो दिवसीय लोहड़ी मेला आज शुरू हुआ

उन्होंने कहा कि ये मेला आपसी प्रेम व उल्लास का प्रतीक है और मेलों व त्यौहारों को परम्परागत ढंग से मनाना हम सभी की जिम्मेदारी है

नई दिल्ली में आज हुए एक समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ये पुरस्कार प्रदान किया निगम के उपमहापंबंधक सतीश ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से ये पुरस्कार प्राप्त किया